कल ही दो लाख तीस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल सर्वाधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण किया गया

जैसलमेर में सीएमएचओ डॉ कमलेश चौधरी ने आज टीका लगवाया

अब तक एक करोड़ दो लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं

सात जिलों बीकानेर चूरू धौलपुर हनुमानगढ़ जैसलमेर झुंझुनूं और सीकर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी

हालांकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी मांग पर टिके हुए हैं और जब तक सरकार कृषि कानुनों को रदद नहीं करती तब तक किसी और प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आज पत्र सुचना कार्यालय और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में नेताजी की भूमिका विषय पर चर्चा की गई वेबिनार में मुख्य वक्ता श्याम सुंदर बिस्सा ने नेताजी की जीवनी और उनके प्रेरणास्पद संस्मरणों के बारे में जानकारी दी गौरतलब है कि कल सुभाष चन्द्र बोस की जयंती देशभर में पहली बार पराकम दिवस के रूप में मनाई जाएगी नेताजी की जयंती पर वर्ष भर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इस अवसर पर पक्षियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया